इनमें सिनेमा के ॅटिकट टेलीविजन मॉनिटर स्क्रीन और पॉवर बैंक शामिल हैं

म्यूजिक बुक्स और जनधन योजना को तहत बैंक खातों को कर से छूट दी गई थी

उनमें पुली ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक गियर बॉक्स लिथियम बैटरी के पावर बैंक डिजिटल कैमरा वीडियो कैमरा रिकॉर्डर और वीडियो कन्सोल शामिल हैं

संगमरमर के छोटे ट्कडों कॉर्क वाकिंग स्टिक और फ्लाई ऐश ब्लॉक पर भी पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व पुलिस का है मुख्यमंत्री ने कल छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यो के लोकार्पण समारोह को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने भवनों का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाईट सिटीजन को एप लाँच किया इस एप से आम जनता की पुलिस से सीधी भागीदारी हो सकेगी और महिला सुरक्षा चोरी की वारदातें सड़क दुर्घटनाओं आदि पर पुलिस पहले की तुलना में ज्यादा त्वरित गति से काम कर सकेगी

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के वचनपत्र में किये गर्य वादो को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि जिलास्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौपी गई है सभी विभागों से संबंधित समस्याओं का समयसीमा में निराकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही की जायेगी वहीं सेवानिवृत्त मुख्य सचिव बसन्त प्रताप सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया अधिकारिक जानकारी के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष या छियासठ वर्ष की आयु पूरी करने तक रहेगा उधर राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने भोपाल के अटलबिहारी वाजपयी सुशासन संस्थान में महानिदेशक का पदभार संभाला नववर्ष प्रदेश में नए साल के मौके पर मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है उज्जैन स्थित महाकालेश्वर और खंडवा स्थित ओंकारेश्वर मंदिर समेत राजधानी भोपाल के भी लगभग सभी छोटे बड़े मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग अलसुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नववर्ष के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल से प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की उधर सतना जिले के मैहर में हजारों की संख्या में श्रद्वाल मो शारदा देवी के दर्शन कर रहे हैं वही भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट स्थित मंदाकिनी नदी में श्रद्वालुओं द्वारा स्नान कर कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा की जा रही हैं कादरखान निधन जानेमाने फिल्म अमिनेता और पटकथा लेखक कादर खान का कल लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया

कादर खान का कनाडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था उनके पुत्र सरफराज ने बताया कि उनका अंतिम संस्कांर देश में ही किया जायेगा

कादर खान ने ढ़ाई सौ से अधिक फिल्मों के लिए संवाद लिखे एक पटकथा लेखक के रूप में वे मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के साथ लगातार जुड़े रहे उनकी फिल्मों में धर्मवीर गंगा जमुना सरस्वती कुली देशप्रेमी सुहाग परवरिश और अमर अकबर एंथनी शामिल हैं